मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कोरोना से भारत की लड़ाई में देश की जनता ही नेतृत्व कर रही है लोग सरकार और प्रशासन के साथ मिलकर यह लड़ाई लड़ रहे हैं आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का प्रत्येक नागरिक इस लड़ाई में सैनिक है उन्होंने इस लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और एक दूसरे की मदद के लिए हाथ बढ़ाने पर हर क्षेत्र के लोगों की सराहना की प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि वे अति आत्म विश्वास के जाल में न फंसें और यह भ्रम न पालें कि कोरोना अभी उनके शहर गांव गली या कार्यालय तक नहीं पहुंचा है और न ही पहुंचेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि दो गज दूरी है जरूरी हमारा मंत्र होना चाहिए लोगों को एक दूसरे से दो गज की सुरक्षित दूरी पर रहना चाहिए और खुद को स्वस्थ रखना चाहिए उन्होंने चेतावनी दी कि अति विश्वास में हमें स्थानीय स्तर पर या किसी अन्य जगह अनदेखी नहीं करनी चाहिए और हमेशा सतर्क रहना चाहिए

प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने आस पास मास्क लगाये और चेहरा ढके लोगों को देखकर हमें इसका प्रभाव नजर आता है श्री मोदी ने कहा कि समाज में एक और जागरूकता यह आई है कि अब लोग समझ रहे हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकना चाहिए

इस कार्यक्रम के बारे लोगों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है और कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग में सोशल डिस्टेन्सिंग आवश्यक है

उन्होंने सभी देश वासियों से इस पोर्टल से जुड़कर देश सेवा में योगदान करने का आह्वान किया

इसे देखते हुए पूरे इलाके की नाके बन्दी कर दी गयी है दूसरा मामला दून महिला अस्पताल में भर्ती का है जो आजाद कालोनी की रहने वाली है कोरोना संक्रमण की पुष्टि के बाद महिला को सामान्य वार्ड से निकाल कर आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर दिया गया है प्रसव के लिए भर्ती महिला के नवजात शिशु का सैपल जांच के लिए भेजा गया है इस बीच हरिद्वार के मेला अस्पताल में भर्ती कोरोना सवंमित स्वस्थ्य हो गये है जिन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया गया है

यमनोत्री धाम में कड़ाके ठंड के बीच विधि विधान और सोशल डिस्टेंस के साथ में पूजा अर्चना की गयी सेनिटाइजेशन कोरोना वायरस से बचाव हेतु बागेश्वर जिला में भी प्रशासन सभी तरह की सावधानियां बरत रहा है जिले में जहां मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है वहीं मास्क न लगाने पर चालान भी काटा जा रहा है

बागेश्वर नगर पालिका द्वारा सभी वार्डो में भी मशीनों द्वारा सेनिटाइजेशन का भी कार्य किया जा रहा है जिले में साफ सफाई का भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है और घर घर जाकर कूड़ा उठान का भी कार्य किया जा रहा है

जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया के दिशा निर्देशन में यहां विभिन्न स्तरों पर सराहनीय कार्य किए जा रहे है वहीं एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजिविका परियोजना के तहत स्वयं सहायता समूहों द्वारा मास्क बनाकर सस्ते दामों पर लोगों को दिये जा रहे है इसके अलावा नगर क्षेत्रों में वॉल पेंन्टिग के माध्यम से भी लोगों को कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक किया जा रहा है जीआईसी बाजबगड में कार्यरत आर्ट टीचर आरके शर्मा द्वारा बनाई जा रही इन पेन्टिंग के माध्यम से लोगों को डिजिटल ट्रॉन्जेक्शन मास्क पहने हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोने सैनेटाइजर का इस्तेमाल करने आवश्यक शारीरिक दूरी बनाने के साथ ही खांसी जुकाम बुखार जैसे लक्षण होने पर चिकित्सक से परामर्श लेने की सलाह दी जा रही है

राजधानी देहरादून में कल रात से ही गरज चमक के साथ वारिश से तापमान में कमी आयी है उधर राज्य में वारिश से कुछ स्थानों पर सड़के अवरूद्व हुयी जिन्हें दुरूस्त कर लिया गया है मौसम का असर खेती खलिहानी पर भी पड़ा है

राज्य का मुख्य बीज उत्पादन क्षेत्र होने के कारण इसका प्रतिकूल प्रभाव यहां तैयार होने वाले गेहूं बीज की गुणवत्ता पर भी पड़ रहा है कृषि विभाग द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इसकी भरपाई हेतु सर्वे कर किसानों को राहत देने की तैयारी की जा रही है